मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का किया निरीक्षण कहा एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड में विकास के साथ औद्योगिक क्रांति भी लाएगा मुख्यमंत्री ने झांसी में सत्रह सौ करोड़ रूपये की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

प्रदेश में आज से चौबीस मार्च तक आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए चलाया जायेगा अभियान

मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है जो त्रिप्रा और बांग्लादेश के बीच बहती है इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा एक सौ तैंतीस करोड़ रुपये की लागत से किया गया है करीब दो किलोमीटर लंबा यह पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में कई ब्नियादी ढांचागत परियोजनाओं की भी शुरुआत की सबरूम और रामगढ़ के बीच सेत से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांलादेश की समृदि का कनेक्शन भी जुड़ गया है बीते कुछ वर्षों में भारत बांलोदेश के बीच लैंड रेल और वॉटर कनेक्टिविटी के लिए जो हम जो थे जमीन पर उतरे हैं इस सेत्र से वो और मजबूत हुए हैं इससे त्रिपुरा के साथ साथ दक्षिणी असम मिजोरम मणिपुर की बांलागदेश और साज्य ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी सशक्तस होगी इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि मैत्री सेतु से न केवल बांस उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि अगरतला में अनानास और अगरबत्ती के व्यवसाय को भी मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पुल से दोनों देशों के बीच मैत्री सुदृढ़ हुई है और इससे आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत होंगी उन्होंने कहा कि इससे बांग्लादेश के साथ सडक सम्पर्क मजबूत होगा जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच सम्पर्क बढ़ेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जालौन जिले में निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड में विकास के साथ साथ औद्योगिक क्रांति लाएगा उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सुजित होंगे श्री योगी ने कहा कि बुंदेलखंड में खनिज संपदा का अपार भंडार है उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने इस क्षेत्र के वन और खनिज संपदा का दोहन तो किया लेकिन यहां के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने बृंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कर पूरे क्षेत्र में विकास को नई दिशा दी है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एक्सप्रेस वे के किनारे उद्योगों को विकसित किया जाएगा इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के और अधिक अवसर प्राप्त होंगे मृख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर घर को शुद्द पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है उन्होंने कहा कि इसके लिए हर घर नल योजना शुरू की गयी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल झांसी में एक हजार सात सौ करोड़ रूपये लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विकास के लिये कृत संकल्पित है श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास के लिये कई योजनाए संचालित की जा रही हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने हर घर तक पेयजल पहुंचाने और किसानों की भूमि को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिये लगातार कार्य कर रही है श्री योगी ने झासी जनपद में मुख्यमंत्री अम्युदय योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण सुविधा का शुभारम्भ भी किया उन्होंने झांसी नगर निगम स्मार्ट योजना और कॉल सेन्टर का निरीक्षण मी किया इसके अलावा उन्होंने जनपद के बुढ़पुरा गांव में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए चल रहे विकास कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया बुन्देलखण्ड में एक अन्य कार्यक्रम में श्री योगी ने कल ललितपुर जनपद में जलशक्ति सिंचाई विभाग द्वारा नवनिर्मित बण्डई बांध परियोजना लोगों को समर्पित की इस परियोजनाआ से बुन्देलखण्ड की तीन हजार पच्चीस हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुनिश्चित होगी इस अवसर पर जलशक्ति मंत्री डॉक्टर महेन्द्र सिंह भी उपस्थित रहे राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि देश में उच्च शिक्षा प्रणाली को अनुसंधान और उद्योग आधारित कौशल सशक्तीकरण पर केंद्रित होना चाहिए उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण देकर उपयक्त रोजगार से जोड़ने में सहायता मिलेगी श्रीमती पटेल कल मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह को लखनऊ से वर्यूअल माध्यम से सम्बोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि हमें परम्परागत ज्ञान को अद्यतन करके विश्व के सामने प्रस्तुत करना चाहिए उन्होंने य्वाओं से खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी आहवान किया श्रीमती पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मेरठ में राज्य खेलकृद विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को सामाजिक कार्यो में भी सहभागिता करनी चाहिए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध महाविद्यालयों को कम से कम एक गांव को गोद लेना चाहिए

इस अभियान का उद्देश्य लोगों में आयुष्मान भारत प्रघानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना और लामार्थियों विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रह रहे लोगों को पांच लाख रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष की निःशत्क स्वास्थ्य सेवा का लाम देना है

इस अभियान का मकसद आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की रफ्तार को तेज करना और इसके फायदों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है

प्रदेश सरकार ने खीरी लखीमपुर जनपद में भारतीय स्टेट बैंक की गोला गोकर्णनाथ शाखा में बैंक कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से गबन मामले की सी बी आई जांच कराने का निर्णय लिया है बैंक अधिकारियों ने शाखा में दो करोड़ रूपये के गबन से सम्बंधित इस मामले में पिछले वर्ष फरवरी माह में मुकदमा दर्ज कराया था जांच के बाद ख्लासा हुआ कि गबन का यह मामला साढ़े सात करोड़ रूपये से अधिक का है केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते की बकाया तीन किस्तें इस वर्ष पहली जुलाई से देय किस्त में जोड़ कर दी जायेंगी राज्यसभा में कल एक लिखित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाक्र ने बताया कि पहली जुलाई से देय महंगाई भत्ते के भुगतान का फैसला जब भी लिया जाएगा उसमें जनवरी दो हजार बीस से जनवरी दो हजार इक्कीस तक देय किस्त भी आगे के लिए शामिल की जायेंगी लखनऊ में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे एक दिवसीय मैच में कल दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हरा दिया पांच मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक एक से बराबरी पर हैं दक्षिण अफ्रीका ने एक सौ सत्तावन रन बनाये जवाब में भारत ने अट्ठाइसवें ओवर में एक विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया चार विकेट लेने वाली झूलन गोस्वामी को प्लेयर ऑफ द मैच च्ना गया मथुरा में वृन्दावन कृम का कल द्सरा शाही स्नान था इस अवसर पर नगर में ध्रमधाम से शाही पेशवाई निकाली गयी साध् संतों के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया करीब चार घटे तक नगर में भ्रमण के बाद शाही पेशवाई वन्दावन कुम पहुंची जहां तीनों अनी अखाड़ों के महत्तों ने यमुना में स्नान किया इस बीच प्रशासन ने नगर के साथ साथ मेला क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी चित्रकूट जिले में पहाड़ी थाने के निकट कल सवारियों से भरे एक टेम्पो को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे टेम्पो में सवार तीन लोगों की मौत हो गयी और पन्द्रह अन्य घायल हो गये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्घटना में लोगों की मृत्यू पर गहरा शोक जताया है उन्होंने अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं